अवैध निर्माण नियमितीकरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के लंबित प्रकरणों का एक माह के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को शिविर भी आयोजित करने को कहा है छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत निवेश क्षेत्र के अंतर्गत अनाधिकृत विकास और निर्माण का नियमितीकरण किया जाना है इसके बावजूद विभिन्न जिलो में अनाधिकृत विकास और निर्माण को नियमित किए जाने के संबंध में अनेक आवेदन नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को मिले हैं इनमें से ज्यादातर प्रकरणों का निराकरण लंबित हैं इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक माह के भीतर लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश के दिए हैं वरिष्ठ नागरिक प्रशामक गृह प्रदेश में गंभीर बीमारियों से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों की बेहतर देखभाल और इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशामक देख रेख गृह स्थापित किए जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिए हैं अधिकारियों ने बताया कि प्रशामक देखरेख गृहों का संचालन समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त अशासकीय स्वैच्छिक संगठनों त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं या नगरीय निकायों के माध्यम से किया जाएगा

राज्य शासन ने वृद्धावस्था के कारण गंभीर बीमारी जैसे डेमेंशिया और बिस्तर पर निष्क्रिय अवस्था में रहने वाले बुजुर्गो को चिकित्सा सुविधा और उनकी देखरेख के लिए प्रशामक देखरेख गृह स्थापित करने का निर्णय लिया है इन गृहों में साठ वर्ष या उससे अधिक उम्र के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की जाएगी इन बुजुर्गो को चाय नाश्ता भोजन कपड़ा तेल साबुन इलाज और दवाई आदि की सुविधाएं दी जाएंगी मनोरंजन खेल पत्र पत्रिकाओं के साथ टेलीविजन की व्यवस्था रहेगी प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए अलग अलग बिस्तर के साथ ही नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था होगी मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसंपर्क विभाग में ली जा रही उन्नीस न्यूज एजेंसियों में से दो को छोड़कर बाकी सभी एजेंसियों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को वित्तीय अनुशासन का कड़ाई से पालन करने को कहा उन्होंने जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका जन मन का प्रकाशन भी बंद करने के साथ ही प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए नियम का प्रारूप जल्द तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए शराब समिति राज्य सरकार ने प्रदेश में शराबबंदी के लिए दो समितियां बनाने की घोषणा की है इनमें से एक सर्वदलीय राजनीतिक समिति और दूसरी समाज के अलग अलग तबकों के प्रतिनिधियों की समिति होगी राजनीतिक समिति उन राज्यों में जाकर अध्ययन करेगी जहां शराबबंदी तो की गई लेकिन सफल नहीं हई यह समिति विफलताओं की वजहों का अध्ययन करेगी जबकि सामाजिक समिति शराबबंदी में समाज की भूमिका के लिए रास्ता सुझाएगी दोनों समितियों का गठन जल्द ही किया जाएगा उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के बारे में आबकारी विभाग के पूराने ग्यारह सदस्यीय अध्ययन दल की रिपोर्ट को अव्यावहारिक मानते हुए खारिज करने और नई समितियां गठित करने का निर्णय लिया है पुरानी समिति ने बीते दस दिसंबर को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी है महिला मिलिट्री पुलिस केंद्र सरकार ने पहली बार महिलाओं को अधिकारी स्तर से नीचे के रैंकों में मिलिट्री पुलिस में शामिल करने का फैसला किया है रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक टवीट संदेश में कहा है कि महिलाओं को सेना में चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा और मिलिट्री पुलिस में बीस प्रतिशत महिलाएं होंगी उन्होंने कहा कि मिलिट्री पुलिस में महिलाओं को शामिल करने का फैसला सशस्त्र सेनाओं में उनके प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने के लिए किया गया है इस समय महिलाओं को चिकित्सा कानून शिक्षा सिग्नल और इंजीनियरिंग शाखाओं में लिया जाता है जेईई परिणाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स के नतीजे जारी कर दिए हैं जेईई मेन्स परीक्षा में पौने नौ लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे इनमें से पंद्रह परीक्षार्थियों ने सौ प्रतिशत अंक हासिल किए हैं परीक्षार्थी एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं एजेंसी ने इसी माह जनवरी में परीक्षा का आयोजन किया था और परीक्षा के कुछ दिन बाद ही नतीजे जारी कर दिए हैं इसके पहले एजेंसी ने परीक्षा के मॉडल आंसर जारी किए थे बातों बातों में श्रोताओं समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार राज्य की नई सरकार के कार्यकाल का पहला महीना पूरा होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विशेष साक्षात्कार प्रसारित किया जाएगा इसका प्रसारण कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे ओडीएफ रायपुर नगर पालिक निगम रायपुर को केंद्रीय आवास और नगरीय कार्य मंत्रालय द्वारा ओडीएफ प्लस प्लस के लिए पूर्ण अंक प्रदान किया गया है महापौर प्रमोद दुबे और नगर निगम आयुक्त रजत बंसल ने रायपुर नगर निगम की इस उपलब्धि के लिए सभी नागरिकों और संस्थाओं को बधाई दी है रायपुर को खुले में शौचमुक्त शहर के रूप में लगातार तीसरी बार सूचीबद्ध किया गया था उल्लेखनीय है कि ओडीएफ प्लस प्लस के मापदंडों को पूरा करने के लिए रायपुर नगर निगम ने जमीनी स्तर पर तैयारियां की थीं शहर में एक सौ बयासी सामुदायिक और निजी शौयालयों का निर्माण किया गया है इनमें से छियालीस सामुदायिक शौचालयों को पूर्ण सुविधायुक्त बनाया गया है केंद्रीय टीम ने पिछले माह इन शौचालयों का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर रैंकिंग निर्धारित की मीडिया संस्थान पुरस्कार विधानसभा चुनाव के दौरान मीडिया के जरिये मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए राज्य के दो मीडिया संस्थानों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है दैनिक नईदुनिया समाचार पत्र के छत्तीसगढ़ रायपूर संस्करण को प्रिंट मीडिया श्रेणी में और आईबीसी ट्वेंटी फोर समाचार चैनल को टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में इस पुरस्कार के लिए चुना गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इन दोनों मीडिया संस्थानों को पच्चीस जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय सेवा योजना एनएस की साझेदारी में यूनिसेफ प्रदेश के तेरह जिलों में बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एक अभियान का आयोजन कर रहा है सुरक्षित पारा सुरक्षित लईकामन अभियान की शुरूआत रायपुर जिले में की गई है इस अभियान के अंतर्गत पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में बाल मेला का आयोजन किया गया

जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में बलौदाबाजार जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी आकाशवाणी छत्तीसगढ़ी पैनल आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश में छत्तीसगढ़ी समाचार के लिए नैमित्तिक समाचार वाचक सह अनुवादक के पैनल का विस्तार किया जा रहा है इसके लिए केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा इच्छुक लोंगो से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं आवेदन पत्र इक्कीस जनवरी तक डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र सिविल लाईन्स रायपुर के पते पर जमा किया जा सकता है निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र रायपुर में सिविल लाईन्स स्थित आकाशवाणी केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के नाम से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए तीन सौ रूपए और अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछेड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए दो सौ पच्चीस रूपये का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है आवेदक को किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है छत्तीसगढ़ी बोली में प्रवीण होने के साथ ही आवाज प्रसारण योग्य होना चाहिए उम्मीदवार को रेडियो अथवा टेलीविजन में पत्रकारिता का अनुभव और कम्प्यूटर में काम करने का बुनियादी ज्ञान होना वांछनीय है संक्षिप्त समाचार रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट मड़ई में ग्रैंड न्यूज की विजेता और आईबीसी ट्वेंटी फोर की टीम उप विजेता रही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की